कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री कुल्लू जिले के पलचान में सामाजिक दूरी के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा इस बीच जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में अधिकारियों के साथ बैठक कर अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन और जनसभा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाहौली परम्परा से स्वागत किया जाएगा मारकंडा ने अधिकारियों को जिले में आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने के भी निर्देश दिए

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में शांति के क्षेत्र में भारत स्कॉउट्स और गाईडस के योगदान को सराहा है शिमला में आज विडियो कांफ्रेस के माध्यम से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्काउटस और गाईडस द्वारा शांति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उन्होंने कहा कि विश्व शांति का प्रसार व रक्षा करने में अधिक सकिय भूमिका निभाने की जरूरत है राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक कांति के मद्देनजर शांति दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है इस बीच शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज मनाली से भारत स्कॉउटस व गाईडस द्वारा आयोजित इस वेबिनार में भाग लिया उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्काउटस और गाईडस ने समाज हित में सराहनीय भूमिका निभाई है

स्कूलों में सामाजिक दूरी और सेनेटाईजेशन का पूरा प्रबंध किया गया है शिमला के पोर्टमोर स्कूल में छात्राओं ने स्कूल खुलने पर खुशी जताई

शिमला में आज उनसे मिलने आई शहीद की माता राजकुमारी से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शहीद के परिजनों को उचित सम्मान दिया जाएगा सुरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिले के शाहपुर में जन सुनवाई की

जिसके माध्यम से लोग घर बैठे ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं सरवीण चौधरी ने लोगों की अनेक शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया श्यामा शर्मा पूर्व मंत्री और नाहन की पूर्व विधायक श्यामा शर्मा का आज सुबह निधन हो गया

लीवर इनफेक्शन की शिकायत के चलते श्यामा शर्मा को आज सुबह चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया उनकी कोरोना टैस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है ऐसे में उनका आज शाम नाहन में कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शांता कुमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सांसद किश्न कपूर और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित अन्य नेताओं ने श्यामा शर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जताया है किसान जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने आज केलंग में किसान प्रशिक्षण शिविर में किसानों को बीज व कृषि उपकरण वितरित किए उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान किया और कहा कि रासायनिक खेती भूमि और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है मारकण्डा ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रति परिवार एक बीज किट प्रदान की जा रही है राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान में बढ़चढ़ कर भाग लेने और कूड़े कचरे का सही ढंग से निष्पादन करने का आहवान किया राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और स्वच्छता अभियान भी सेवा सप्ताह का ही हिस्सा है

कृषि विधेयक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि विधेयकों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है उन्होंने संसद में पारित विधेयकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को धन्यवाद दिया है सुरेश कश्यप ने कहा कि इन विधेयको से किसानों के हितों का संरक्षण होगा इस बीच राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित बिलों को किसानों के हित में बताया है